अगर वैक्सीनेशन के पात्र हैं तो टीका जरूर लगवाएं

राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन होना चाहिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश दिये गये हैं

जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक किसी भी टीकाकरण केन्द्र पर जाकर टीका लगवा सकते है इसके लिए उन्हें पहचान से सम्बन्धित फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाना होगा

वहीं जयपुर में सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कल से टीकाकरण किया जाएगा

इसी के तहत आकाशवाणी जयपूर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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 हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

श्री गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने इन मामलों में संवेदनशीलता के साथ जांच कर परिवादी को समय पर न्याय दिलाने को कहा उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ घटनाएं सामने आई है जिनमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ही महिला अत्याचार के गंभीर मामले दर्ज हुए है उन्होंने ऐसे प्रकरणों में शामिल पाए जाने पर सम्बन्धित कार्मिक पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए श्री गहलोत ने थानों में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा है

ये अधिकारी राजनैतिक सभाओं रैलियों और अन्य कार्यक्रमों में कोविड संबंधी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने कल चूरू भीलवाड़ा और राजसमंद के निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उप चुनाव के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन नामांकन की सुविधा का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए ताकि उम्मीदवार घर बैठे भी आवेदन कर सके

समापन के मौके पर कल सांसद सुभाष बहेडिया ने युवा पीढी से स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा लेने का आहवान किया वहीं भीलवाड़ा के ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर संगोष्ठी और प्रतियोगिता भी हुई इस अवसर पर प्रतियोगिता में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने वाले सफल विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया

यह रेलगाड़ियां दैनिक साप्ताहिक सप्ताह में दो बार और सप्ताह में तीन बार चलेंगी

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की यह श्रंखला तीन दो से जीत ली है

अन्य सभी संभागों में मौसम शृष्क रहेगा आगामी दो दिनों तक भी जोधपुर संभाग को छोड़कर इन सभी जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है मौसम विभाग ने आज अजमेर जयपुर सीकर झुन्झुनूं अलवर और दौसा जिलों में कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना जताई है